मगर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसे ये कह कर खारिज कर दिया कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष वर्दी जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा करवाने को तैयार नहीं है प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशियार सिंह ने टांडा मेडिकल कॉलेज में नागरिक आपूर्ति निगम की दवाई की एक ही दुकान होने का मामला सदन में उठाया इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री विंपिन सिंह परमार ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में नागरिक आपूर्ति की दवाई की एक ही दुकान है जिसके माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दवाइयां प्रदान की जा रही है परमार ने कहा कि इसके अलावा दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र व अस्पताल की डिस्पेन्सरी भी उपलब्ध है और घण्टों लाईन में खड़े रहने जैसी कोई स्थिति नही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूसरी द्वकान खोलने का सरकार का कोई विचार नही है भाजपा के विनोद कुमार ने लाडा के तहत योजनाओं को स्वीकृत करने की प्रक्रिया और पिछले तीन वर्षों में नाचन विधानसभा क्षेत्र में बीबीएमबी के माध्यम से लाडा के अंतर्गत हुए कार्यों को लेकर सवाल किया

उन्होंने कहा कि यह समिति संबंधित जिलाधीश के नियंत्रण में कार्य करती है ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षो में नाचन क्षेत्र में बीबीएमबी द्वारा लाडा के तहत कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं किया गया है

इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि झंड्रता का फोरलेन हर नजरिए से विकास लिए जरूरी है मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया

उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस ही नहीं बल्कि अन्य विभागों को भी शामिल किया जाना चाहिए विधायक बलबीर सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए प्रदेश में बढ़े नशे के कारोबार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के राजनीतिक संरक्षण के कारण ही यह कारोबार बढ़ा है भाजपा के बिक्रम जरयाल ने भी नशे के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र भटियात में भी नशे का कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है

विक्रम जरयाल ने सरकार से नशाखोरी पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की विधायक कमलेश कुमारी नरेंद्र ठाकुर रीता धीमान किशोरी लाल सुरेंद्र शौरी और सीपीएम के राकेश सिंघा ने भी चर्चा में भी भाग लिया सिंघा ने नशे के खिलाफ सरकार द्वारा लाए गए बिल का समर्थन किया

सांसद अनुराग ठाकुर ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे प्रदेश के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए हिमाचल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है मौसम प्रदेश के जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति चंबा ज़िला के पांगी भरमौर किन्नौर क़ल्ल़ व सिरमौर ज़िलों के ऊपरी इलाकों में आज भी रूक रूक कर हिमपात का कम जारी रहा

निचले ज़िलों में कुछ स्थानों पर वर्षा का समाचार है इस बर्फबारी और वर्षा से तापमान में गिरावट आई है और समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार बंजार आनी लुहरी मार्ग जलोढ़ी दर्रे पर बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में सैलानियों की खूब भीड़ देखी गई और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग व किसान बागवान भी इस हिमपात से खुश हैं नाहन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि ज़िले के ऊपरी इलाकों में हिमपात व निचले भागों में वर्षा से संगड़ाह उपमंडल में पथ परिवहन निगम की चार बसें और सराहां विकासखंड में दो बसें फंस गई हैं चंबा से हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक पिछले कल से जारी बारिश व बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है